झाबुआ स्थित षासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

उपच्नाव में बासठ प्रतिषत से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था झाबुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव भाजपा के विधायक जीएस डामोर के सांसद चुने जाने के कारण कराया गया है

सेवाएं प्रदान करने और स्वच्छता सहित विभिन्न स्तरों पर अच्छे काम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को ये पुरस्कार दिये जायेंगे ओंकारेश्वर शासन द्वारा ओंकारेश्वर को पवित्र नगर घोषित किया गया है

योजना के संबंध में लोगो से आपत्ति और सुझाव मांगे गये हैं

तीन नवंबर तक चलने वाला यह कार्यक्रम उदभव सांस्कृतिक और क्रीडा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा नृत्य महोत्सव में इटली स्पेन इसराइल रशिया किर्गिस्तान और श्रीलंका के प्रतिभागी अपने देशों की संस्कृति प्रस्तुत करेंगे इस महोत्सव में भारत के विभिन्न अंचलों के कलाकार शामिल होंगे मौसम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होने की वजह से प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो रही है आज भी राजधानी भोपाल में बादल छाए हुए हैं यहां सुबह हुई ब्रंदा बांदी के बाद ठंडी हवा से पारा गिर गया इससे लोगों को ठंडक का अहसास होने लगा है उधर कल इंदौर में आधा घंटे तक हल्की बारिश हुई

मौसम विभाग ने धनतेरस से दीपावली तक बादल बने रहने का अनुमान जताया है विभाग ने धार खंडवा खरगोन अलीराजपुर झाबुआ और बड़वानी सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है

इस दौरान चलित न्यायालय और यातायात पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा वाहनों का निरीक्षण किया